वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री के आत्म निर्मर भारत आर्थिक पैकेज के बारे में आज लगातार तीसरे दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी उन्होंने ग्यारह बिन्दुओं में से कृषि पर आधारित आठ कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों को मदद दी जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद के लिये पिछले दो महीनों में चौहत्तर हजार तीन सौ करोड़ रूपये जारी किये गये हैं

वित्त मंत्री ने बताया कि द्ग्ध पालन को बढ़ावा देने के लिये दो करोड़ किसानों को पांच हजार करोड़ रूपये की मदद देते हुए प्रतिदिन पांच सौ साठ लाख लीटर दूध खरीद कर सहकारी समितियों को दिया गया मछली पालन के क्षेत्र में भी कई तरह की मदद दी गई

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत बीस हजार करोड़ रूपये में से ग्यारह हजार करोड़ रूपये समूद्री और घरेलू मछली पालन के लिये और नौ हजार करोड़ रूपये इस हेतु आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिये रखे गये हैं पश्पालन को बढ़ावा देने के लिये मवेशियों के शत प्रतिशत टीकाकरण की योजना के तहत तिरपन करोड़ पशुओं को टीका लगाये जाने की योजना है पशुधन विकास दुग्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन और निर्यात के लिये पन्द्रह हजार करोड़ रूपये रखे गये हैं दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीयों पौधों की खेती के लिये चार हजार करोड़ रूपये का प्रावधान है यह खेती गंगा नदी के तटों पर भी की जायेगी मध्मक्खी पालन के लिये पांच सौ करोड़ रूपये दिये जायेंगे जिससे गांवों के दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा टमाटर प्याज और आलू की फसल को दी जाने वाली सब्सिडी को अब छह महीने के लिये सब्जी और फलों के परिवहन और भंडारण हेतु उपलब्ध कराया गया है परिवहन के लिये पचास प्रतिशत और भंडारण के लिये भी इतनी ही सब्सिडी का प्रावधान है

मिशन के पहले चरण के अंतिम दौर में कल भारतीयों को लेकर दो विमान चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे

इसके अलावा मुंबई के रास्ते लंदन से एक उड़ान आज चेन्नई पहुंचेगी

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं स्चना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रवासी कामगार पैदल अथवा बाइक से यात्रा न करने पाए उन्होंने ट्रक आदि असुरक्षित वाहनों से सवारी ढोने वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए हैं राज्य सरकार प्रवासी कामगारों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रही है उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी कामगारों को सबसे पहले पेयजल एवं भोजन उपलब्ध कराया जाए

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी बस अथवा स्कूली बस इस्तेमाल की जा सकती है

मख्यमंत्री ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने और टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के भी निर्देश दिये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार राज्य में आने जाने वाले प्रवासी श्रमिकों से रेल सहित किसी भी प्रकार का किराया नहीं लेगी राज्य सरकार अगले दो महीने तक आने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद और सहारनपुर से भी ट्रेनें चलाई जाएंगी राज्य सरकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से भी मजदूरों को वापस लाएगी इसके लिए चार ट्रेनें रोज चलाई जाएंगी उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए भी ट्रेन चलेगी इस बीच मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए इसके लिए हर गांव और शहरों के हर वॉर्ड में अभियान चला कर उन व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी किस्म के राशन की सविधा नहीं मिली है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर इन लोगों का आधार पंजीकरण स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारेंटीन की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने गांवों की सुरक्षा समितियों की इस दिशा में जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया

उन्होंने बताया कि अब तक दो हजार अस्सी मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं

उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर छह हजार पांच सौ से अधिक लोगों को कन्ट्रोल रूम कॉल किया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज यानी फर्जी समाचारों पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी कई दैनिक समाचार पत्रों में आज छपे लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि अफवाहें बड़ी तेजी से फलती हैं और उनके दुष्परिणाम भी बहुत घातक होते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार फेक न्यूज से निपटने के लिए कृत संकल्प है इस चूनौती से निपटने के लिए सरकार ने पत्र सूचना कायालय में तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चक एकांश गठित किया है जो इस तरह की खबरों का तत्काल संज्ञान ले रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चित्रकारों द्वारा बनाये गये कोरोना वारियर्स के चित्रों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया कार्यक्रम का आयोजन उम्मीद संस्था द्वारा किया गया था इसके उपरान्त राज्यपाल ने संस्था के गीत गो कोरोना को भी लांच किया राज्यपाल ने कहा कि देश और समाज की सेवा और अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान करना तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा कर्तव्य है

कार्यक्रम में श्रोता यात्री रेलगाडियों के बारे में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चनल न्यूज ऑन एआइआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन प्रतिबंधों को देखते हुए यात्रियों को रेलवे स्टशन तक पहुंचाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है